मौसम साफ रहने पर हिमपात से प्रभावित सड़क बिजली और पेयजल सुविधाओं को बहाल करने का कार्य युद्धस्तर पर जारी भाजपा हमीरपुर संसदीय क्षेत्र का भारतीय जनता पार्टी का पन्ना प्रमुख सम्मेलन आज ऊना में आयोजित किया गया पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अमित शाह ने सम्मेलन की अध्यक्षता करते हुए कहा कि केन्द्र में एनडीए की सरकार बनने के बाद हिमाचल को विभिन्न विकास परियोजनाओं के लिए भरपूर मदद दी गई है

अमित शाह ने राफेल मामले पर कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष राहुल गांधी द्वारा लगाए गए आरोपों को बेबुनियाद बताया उन्होंने देश में एक बार फिर प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी के नेतृत्व में मजबूत सरकार बनाने में लोगों से सहयोग का आहवान किया अमित शाह ने कहा कि हिमाचल के लोगों के सहयोग से केन्द्र में एनडीए सरकार बनने के बाद वन रैंक वन पैंशन का अपना वायदा पूरा किया है उन्होंने कहा कि केन्द्र सरकार ने आयुष्मान भारत योजना के माध्यम से गरीब वर्ग के स्वास्थ्य की चिंता की है प्रदेश सरकार द्वारा शुरू किए गए जनमंच कार्यक्रम को भी अमित शाह ने सराहा अमित शाह ने पन्ना प्रमुखों से मेरा बूथ सबसे मजबूत के संकल्प के साथ प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी को प्रचण्ड बहुमत से दोबारा प्रधानमंत्री बनाने के लिए संकल्प लेने का आहवान किया

उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री उज्जवला योजना के तहत हिमाचल के लाखों परिवारों को लाभ मिल रहा है जयराम ठाकुर ने कहा कि पन्ना प्रमुख सम्मेलन का उद्देश्य जमीनी स्तर पर पार्टी को मजबूत करना है

सम्मेलन इससे पहले भाजपा के राष्ट्रीय संगठन महासचिव रामलाल ने सम्मेलन को सम्बोधित करते हुए कहा कि आज सबसे ज्यादा सांसद विधायक मंत्री व मुख्यमंत्री भाजपा के हैं और देशभर में सबसे लोकप्रिय नेतृत्व भारतीय जनता पार्टी के पास है सांसद शांता कुमार ने पन्ना प्रमुखों का आहवान किया कि चुनाव एक युद्ध है इसमें लापरवाही नही होनी चाहिए सांसद अनुराग ठाकुर ने कहा कि पन्ना प्रमुख अपनी कड़ी मेहनत के साथ एक बार फिर नरेन्द्र मोदी को प्रधानमंत्री बनाएंगे

पूर्व मुख्यमंत्री प्रेम कुमार धूमल ने प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी के कार्यों की सराहना करते हुए कहा कि विदेशों में भी उनकी नीतियों का अनुसरण किया जा रहा है इस अवसर पर प्रदेश भाजपा प्रभारी मंगल पाण्डे लोकसभा चुनाव प्रभारी तीर्थ सिंह रावत मंत्रिमण्डल के सदस्यों सहित विधायक गण और विभिन्न बोर्डो व निगमों के अध्यक्ष व उपाध्यक्ष मौजूद रहे बरागटा भाजपा के मुख्य सचेतक नरेन्द्र बरागटा ने आज नई दिल्ली में केन्द्रीय कृषि मंत्री राधा मोहन सिंह से मुलाकात कर प्रदेश के लिए कृषि व बागवानी को लेकर चर्चा की उन्होंने प्रदेश में राष्ट्रीय स्तर का पोस्ट हार्वेस्ट संस्थान खोलने का आग्रह किया ताकि हिमालयी क्षेत्र में आने वाले पहाड़ी राज्यों के लोग लाभान्वित हो सकें बरागटा ने प्रदेश में बागवानी व तकनीकी मिशन के तहत पंचायत स्तर पर वातानुकूलित भण्डार केन्द्र खोलने का भी आग्रह किया उन्होंने केन्द्रीय मंत्री से हिमाचल में प्राकृतिक खेती को बढ़ावा देने के लिए आर्थिक पैकेज देने के अलावा बागवानी तकनीकी मिशन के तहत उदार सहायता व उपदान देने की बात भी कही केन्द्रीय मंत्री ने सभी मांगों पर सहानुभूतिपूर्वक विचार का भरोसा दिलाया

नई दिल्ली के ताल कटोरा स्टेडियम में आयोजित इस कार्यक्रम में करीब दो हजार छात्र शिक्षक और अभिभावक भाग लेंगे एक लाख से अधिक छात्रों ने माईगोव पोर्टल पर आयोजित ऑनलाइन प्रतियोगिता में भाग लिया था जिनमें से इन दो हजार लोगों का चयन किया गया है परीक्षा से संबंधित तनाव पर छात्रों शिक्षकों और अभिभावकों के साथ प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी की चर्चा का ये एक अनूठा कार्यक्रम है आकाशवाणी और दूरदर्शन से इस कार्यक्रम का सीधा प्रसारण किया जाएगा निर्देश पिछले दिनों भारी हिमपात से अवरूद्ध बिजली व पेयजल आपूर्ति सहित सड़क मार्गो को बहाल करने का कार्य युद्ध स्तर पर जारी है

मौसम इस बीच प्रदेश के अधिकांश भागों में आज मौसम आमतौर पर साफ बना रहा मगर जबरदस्त ठण्ड का दौर जारी है जनजातीय जिला किन्नौर में अभी भी जनजीवन अस्त व्यस्त है और पिछले एक सप्ताह से बिजली पानी व यातायात व्यवस्था पूरी तरह ठप्प है उपायुक्त गोपाल चंद ने बताया कि जिले में सबसे ज्यादा बिजली की समस्या बनी हुई है और इसे बहाल करने के लिए युद्ध स्तर पर प्रयास जारी हैं उधर लाहौल स्पिति जिले के भीतरी भागों में बंद सड़कों से बर्फ हटाने के लिए बीआर ओ ने तांदी पुल से आगे सिस्सु की तरफ बर्फ हटाने का कार्य शुरू किया है घाटी के लोगों ने अंदरूनी सड़क मार्गों को खोलने के अलावा नियमित हैलीकॉप्टर उड़ाने करवाने की मांग की है राजधानी शिमला सहित निचले जिलों में दिनभर धूप निकलने से लोगों को ठण्ड से कुछ राहत मिली है इस बीच सासे ने चम्बा किन्नौर शिमला लाहौल स्पिति और कुल्लू में उंचाई वाले क्षेत्रों में हिमखण्ड गिरने की आशंका के चलते लोगों को इन इलाकों में न जाने की सलाह दी है

ये सभी उड़ानें मौसम पर निर्भर रहेंगी

वे कांगड़ा जिले की देहरा तहसील के नेहरान पुखर गांव के रहने वाले हैं लैफ्टिनेंट जनरल जगदीप कुमार शर्मा ने अपनी सेवा के दौरान विभिन्न सैन्य ऑपरेशनों के अलावा डोकलाम मुद्दे पर अहम भूमिका निभाई है उद्योगमंत्री विक्रम सिंह ठाकुर और सांसद अनुराग ठाकुर ने इस उपलब्धि पर लैफ्टिनेंट जनरल जगदीप शर्मा को उनके पैतृक गांव जाकर शुभकामनाएं दी कांग्रेस सम्मेलन प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष कुलदीप सिंह राठौर ने कहा कि प्रियंका गांधी के सक्रिय राजनीति में उतरने और महासचिव बनने से कांग्रेस पार्टी में नया जोश आया है कुल्लू में आज एक पत्रकार वार्ता को संबोधित करते हुए उन्होंने कहा कि इससे आने वाले लोकसभा चुनाव में कांग्रेस को फायदा होगा

कुलदीप राठौर ने कहा कि अनुशासन समिति की रिपोर्ट आने के बाद निष्कासित नेताओं की मैरिट आधार पर पार्टी में वापसी की जाएगी इससे पहले उन्होंने कुल्लू में पार्टी के जिला कार्यकर्ता सम्मेलन को भी संबोधित किया पुलिस बैठक प्रदेश के पुलिस महानिदेशक सीताराम मरडी की अध्यक्षता में आज शिमला में एक समन्वय बैठक हुई जिसमें पड़ोसी राज्यों पंजाब हरियाणा उत्तराखण्ड जम्मू कश्मीर और दिल्ली के उच्च पुलिस अधिकारियों ने भाग लिया